राज्य में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण अधिकांश जिलों में लगाया गया नाईट कर्फ्यू राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कबीरधाम जिले की दिव्यांग खिलाड़ी छोटी मेहरा ने एक स्वर्ण और एक रजत पदक हासिल किया राज्य में गर्मी ने दिखाने शुरू किए अपने तेवर कई जगहों पर लू की स्थिति बनी

एक जनवरी उन्नीस सौ सतहत्तर से पहले जन्मे सभी व्यक्ति टीका लगवाने के पात्र हैं

इसके अलावा टीकाकरण कोन्द्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्य होगी

यदि किसी ने को विन के जरिए टीकाकरण के लिए ऑनलाइन ब्रुकिंग की है तो उसे किसी भी निजी या सार्वजनिक अस्पताल में अलग से बुकिंग कराने की जरूरत नहीं होगी

इधर छत्तीसगढ़ में भी कल से कोरोना टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू हो रहा है देशव्यापी इस अभियान के तहत पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोविड के टीके लगाए जाएंगे टीकाकरण के लिए पैंतालीस वर्ष से ऊपर के लोगों को किसी भी तरह के चिकित्सक सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं होगी इस चरण में राज्य में पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के अंठावन लाख छियासठ हजार से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा इस बीच प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कल से शुरू हो रहे कोरोना टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के संबंध में कहा कि प्रतिदिन दो लाख व्यक्तियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है उन्होंने बताया कि बीते सत्ताईस मार्च को एक लाख चौदह हजार से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया जो एक रिकॉर्ड है

उन्होंने कहा कि टीकाकरण के बाद यदि कोरोना संक्रमण होता है तो स्थिति उतनी गंभीर नहीं होगी और न ही अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ेगी उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना टीका लगवाने के बाद भी कोविड से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए डॉक्टर श्रीधर ने कहा कि लोगों के सामूहिक और समन्वित प्रयास से ही कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है

इधर छत्तीसगढ़ में विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉक्टर प्रणीत कुमार फटाले ने बताया है कि कोरोना वायरस के फैलाव से इसका नया प्रतिरूप सामने आ सकता है जिससे बचाव टीकाकरण के जरिये संभव है वहीं राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य में एक हजार आठ सौ तैंतीस कोविड टीकाकरण केन्द्र है इनमें एक हजार छह सौ अंठानवे सरकारी और एक सौ पैंतीस निजी अस्पताल शामिल हैं उन्होंने कहा कि राज्य में कोविड नाइंटीन के टीके की कोई कमी नहीं है इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने आज अपने गृहग्राम बगिया स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचकर कोविड वैक्सीन लगवाई उन्होंने सभी पात्र लोगों से यह वैक्सीन लगवाने की अपील की है इस बीच कल राज्य में पचास हजार से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई है कोरोना समाचार प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज महाराष्ट्र में मिल रहे है वहीं महाराष्ट्र के बाद बीते चौबीस घंटों में छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक मरीज मिले हैं बताया जाता है कि देश में पचयासी प्रतिशत कोरोना मरीज छत्तीसगढ़ सहित आठ राज्यों से मिल रहे हैं वहीं छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के तीन हजार एक सौ आठ नये मामले सामने आए प्रदेश में अब तक तीन लाख चवालीस हजार से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वर्तमान में बाईस हजार से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है

उधर गरियाबंद जिला कलेक्टोरेट में दो अधिकारियों के कोविड पॉजीटिव पाए जाने के बाद कलेक्टोरेट को तीन दिन के लिए बंद कर दिया गया है पूरे कलेक्टोरेट परिसर को सेनेटाईज किया जा रहा है वहीं दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति गंभीर होती जा रही है यहां संक्रमण का सामुदायिक स्तर पर प्रसार होने के हालात बन गए हैं जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने कहा है कि पात्र लोगों को जल्द से जल्द कोविड वैक्सीन लगवानी चाहिए साथ ही सभी लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना चाहिए और सुरक्षित दूरी का पालन करना चाहिए इस बीच दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर दुर्ग शहर में कोरोना की स्थिति को देखते हुए सात दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की है कोरोना नाईट कर्फ्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं प्रदेश के अधिकांश जिलों में नाईट कर्फ्यू लगा दिया गया है वहीं धारा एक सौ चवालीस भी लागू कर दी गई है बस्तर कोंडागांव कांकेर और बलरामपुर रामानुजगंज जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक नाईट कफर्यू लगाने का आदेश जारी किया है इस दौरान जिले की सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानें किराना दुकान मॉल चौपाटी सिनेमा हॉल और बाजार रात आठ बजे तक ही खुली रहेगी वहीं होटल रेस्टॉरेंट में रात दस बजे तक भोजन करने की अनुमति रहेगी जबकि रात साढ़े ग्यारह बजे तक होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी इस दौरान आपातकालीन सेवाएं चिकित्सा संस्थान मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पम्प इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे इधर बिलासपुर मुंगेली जांजगीर चांपा महासमुंद धमतरी बीजापुर दंतेवाड़ा और बालोद जिले में भी प्रशासनिक सख्ती शुरू हो गई है

सभी प्रकार के स्थायी और अस्थायी दुकानें सुबह छह बजे से लेकर रात नौ बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है इस दौरान सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को खुद के खर्चे पर फ्लैक्स छपवाकर दुकानें के खुलने और बंद होने की समय सीमा को प्रदर्शित करना होगा नियम का उल्लंघन करने पर दुकानें पंद्रह दिनों के लिए सील कर दी जाएंगी वहीं भिलाई नगर निगम की टीम रात में भी अभियान चलाकर मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है निगम की मोबाइल टीम शहर के सार्वजनिक और व्यावसायिक परिसरों तथा चौक चौराहों पर बिना मास्क लगाए लोगों और दुकानदारों के खिलाफ अभियान चला रही है शराब दुकान निर्देश कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने शराब दुकानों के लिए नये दिशा निर्देश जारी किए हैं इसके तहत शराब दुकान के कर्मचारियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा वहीं बिना मास्क के आने वाले ग्राहकों को शराब नहीं दी जाएगी इसके अलावा प्रत्येक शराब दुकानों में ग्राहक काउन्टर के सामने बेरिकेटिंग लगाई जाएगी साथ ही ग्राहकों की भीड़ होने की स्थिति में उन्हें आपस में पर्याप्त दूरी रखने को कहा जाएगा इसके लिए शराब दुकानों पर सुरक्षा गार्डो की व्यवस्था भी करनी होगी इसके अलावा दुकानों में पर्याप्त मात्रा में सेनेटाईजर रखने भी कहा गया है यदि किसी ग्राहक में सर्दी खांसी के लक्षण पाए जाते हो तो उसे तत्काल भीड़ से अलग करने की हिदायत भी दी गई है माओवादी गिरफ्तार दंतेवाड़ा जिले के अंदरूनी इलाके से पुलिस ने एक इनामी सहित दो माओवादियों को गिरफ्तार किया है जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि जिला पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तलाशी अभियान पर निकले हुए थे इसी दौरान जवानों ने धेराबंदी कर इन माओवादियों को गिरफ्तार किया पुलिस ने इनके पास से दो किलो का विस्फोटक भी बरामद किया है पैरा एथलेटिक्स उन्नीसवीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कबीरधाम जिले की दिव्यांग खिलाड़ी छोटी मेहरा ने चक्र फेंक स्पर्धा में स्वर्ण और गोला फेंक में रजत पदक हासिल कर जिले को गौरवान्वित किया है मिली जानकारी को अनुसार अट्ठाईस राज्यों और आठ केंद्रशासित प्रदेशों के दिव्यांग खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया वहीं कबीरधाम जिले से भी छह दिव्यांग खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल हुए अनिल कुमार ने भाला फेंक में और शिव किंकर नेताम ने सौ मीटर ट्रायसिकल दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया इन प्रतिभागियों ने भारत के सर्वश्रेष्ठ छह खिलाड़ियों में अपना नाम अंकित कराया है गौरतलब है कि इस प्रतियोगिता में चुने गए खिलाड़ियों को आगामी एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल होने का मौका मिलेगा मौसम राज्य के अधिकांश स्थानों पर तापमान बढ़ रहा है उत्तर पश्चिम से गर्म और शुष्क हवाओं के आने के कारण कई जगहों पर लू की स्थिति बन गई है राजधानी रायपुर में आज दोपहर बाद गर्म हवाओं के चलने से लू जैसा एहसास हुआ वहीं सड़कों पर आवाजाही भी अन्य दिनों के मुकाबले कम रही

रेल यात्रियों की सुविधा और मांग को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा दस अप्रैल से बारह पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों की सुविधा शुरू की जा रही है इन गाड़ियों का परिचालन विभिन्न तिथियों में किया जाएगा कल एक अप्रैल से रायपुर विमानतल से हवाई यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्रियों से यूजर चार्ज के रूप में पांच सौ रूपये लिया जाएगा